निर्वाचन आयुक्त मुख्य निर्वाचन आयुक्त ओपीरावत ने कहा है कि सभी वोटिंग मशीनें पूरी तरह सुरक्षित हैं और उनके साथ किसी तरह की कोई छेड़ छाड़ नहीं की जा सकती कल आकाशवाणी के साथ एक विशेष भेंट वार्ता में मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री रावत ने कहा कि पांच राज्यों के आगामी चुनाव में मतदान पुष्टि पर्ची वी वी पैट मशीनें भी इस्तेमाल की जाएंगी श्री रावत ने कहा कि आयोग ने जाली मतदान की समस्या दूर करने और मतदाता सूचियों को त्रटि रहित बनाने के पुख्ता उपाय किए हैं चुनाव के दौरान सोशल मीडिया का दुरुपयोग रोकने के बारे में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि आयोग यह सुनिश्चित करेगा कि किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कुछ भी गलत प्रचारित न किया जाए उन्होंने कहा कि मतदान से अड़तालीस घंटे पहले यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सोशल मीडिया के किसी प्लेटफॉर्म पर कोई प्रचार सामग्री शेष न रहे शाह दौरा भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह आज से प्रदेश के दो दिवसीय दौरे पर आ रहे है उनके होशंगाबाद सतना रीवा डिंडोरी और जबलपुर में कार्यक्रम प्रस्तावित हैं श्री शाह कल सतना में कमल शक्ति सम्मेलन के आयोजन में शामिल होंगे वहीं कांग्रेस अध्यक्ष राहल गांधी कल से ग्वालियर चंबल संभाग के दौरे पर रहेंगे

रेरा मध्यप्रदेश रियल एस्टेट रेग्यूलरेटी एक्ट रेरा के अध्यक्ष एंटोनी डिसा ने कहा है कि रेरा के प्रति जागरूकता बढ़ाने की जरूरत है चेन्नई में हुई क्षेत्रीय कांफ्रेस में शुक्रवार को डिसा ने कहा कि रेरा सभी के लिये जरूरी है रेरा एक्ट के क्रियान्वयन में आवंटियों एजेंटों बिल्डर्स का सक्रिय सहयोग जरूरी है उन्होंने रेरा एक्ट के प्रति अनुकूल माहौल बनाने के साथ प्रदेश के विभिन्न अंचलों में रेरा प्राधिकरण को अपनी पहुंच और उपस्थिति के प्रदर्शन को जरूरी बताया संपत्ति विरुपण राज्य में विधानसभा चुनाव की आदर्ष आचार संहिता लागू होने के बाद संपत्ति विरुपण के पांच लाख से अधिक प्रकरण दर्ज किए गए है

मंजूरी रोक राज्य विधानसभा चुनाव के चलते प्रधानमंत्री आवास योजना में नई मंजूरियों पर रोक लगा दी गयी है इस संबंध के आदेश पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने जारी कर दिये है विकास आयुक्त इकबाल सिंह बैस ने सभी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत से कहा कि जिन हितग्राहियों ने स्वीकृति उपरान्त कार्य प्रारंभ कर दिये है उन्हें किश्ते जारी की जा सकेंगी लेकिन नये आवास मंजूर नहीं किये जाएंगे चुनाव प्रकिया पूरी होने के बाद आगे की कार्यवाही होगी प्रतिबंध निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार आदर्श आचार संहिता के प्रभावी समय में रात दस बजे से सुबह छह बजे तक डोर टू डोर कैंपेनएसएमएस वाट्सअप काल्स और लाउडस्पीकर आदि अन्य किसी माध्यम से राजनैतिक प्रचार प्रतिबंधित रहेगा निर्वाचन आयोग ने आम आदमी की निजता और लोकशांति बनाये रखने के लिये यह निर्देश दिये है मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को प्रावधानों से अवगत कराया गया है और पालन सुनिश्चित करने के लिये कहा गया है

चैटबोट कृत्रिम प्रतिभा से संचालित है और रेलवे यात्रियों की सेवाओं में सुधार लाने में सक्षम है रेलवे ने कल नई दिल्लीर में जारी बयान में कहा कि आईआरसीटीसी चैटबोट एक विशेष कम्यपटर प्रोग्राम है जिसे उपभोक्ताओं विशेष रूप से इंटरनेट प्रयोक्तो के साथ संवाद स्थापित करने के लिए डिजाइन किया गया है रेलवे ने कहा कि चैटबोट आस्कदिशा आ जाने से यात्रियों को सेवाएं देने में सुधार आयेगा और उन्हें रेलवे की सारी सेवाओं से जुड़ी प्रश्नावली के उत्तर मिल जायेंगे इसमें कई क्षेत्रीय भाषाएं होंगी और उसके साथ आवाज भी सुनायी देगी जिससे आईआरसीटीसी एंड्रॉयड ऐप के साथ जल्दी संगत बनेगी आईआरसीटीसी प्रतिदिन टिकट जारी करने के स्थल पर औसतन चालीस लाख लोगों को सेवाएं उपलब्धं कराता है नगदी जब्त विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चलाये जा रहे तलाशी अभियान में मुरैना में प्रशासनिक अमले ने आठ लाख रूपये की नगदी बरामद की है जब्त की गयी राशि निर्वाचन के लिये बनी जिला स्तरीय टीम को निपटारे के लिये सौंप दी गयी है प्रशिक्षण भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संबित पात्रा ने कल यहां पार्टी के प्रवक्ता मीडिया पैनालिस्ट और संभागीय मीडिया प्रभारियों की बैठक ली और उन्हें बताया कि वे केन्द्र और प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को मतदाताओं को कैसे पहुंचाए डेंगू उपचार डेंगू और मलेरिया बीमारी की रोकथाम और समुचित इलाज व्यवस्था बनाये रखने के लिए अशोक नगर जिला कलेक्टर ने कल स्वास्थ्य विभाग की बैठक ली उन्होंने स्वास्थ्य अधिकारियों से कहा कि वे डेंग् से बचाव के उपाय लोगों को बताएं कलेक्टर ने निर्देश दिये है कि मलेरिया दलों द्वारा नियमित रूप से डोर टू डोर जाकर लार्वा का सर्वे किया जाए और उन्हें नष्ट करने का काम अभियान चलाकर किया जाए

उमेश यादव ने छह कुलदीप यादव ने तीन और रविचन्द्रन अश्विन ने एक विकेट लिया

इसमें राष्ट्रीय स्तर पर जूडो कराटे प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाले ओम मंडलोई को सम्मानित किया गया